मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज नई दिल्ली से दो देशों के दौरे पर जायेंगे

जयराम ठाक्र वहां पर होने वाले रोडशो के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ चर्चा भी करेंगे माना जा रहा है कि उनका ये दौरा धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट को ध्यान में रखकर तय हुआ है मुख्मयंत्री जयराम ठाकुर ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर राज्य के लिए सेना में एक हिमालयन रैजीमैंट प्रदान करने और मंडी जिले में सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावित हवाई अड़डे के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया जयराम ठाक्र ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सैनिकों और अधिकारियों की वीरता को देशभर में जाना जाता है जो बड़ी संख्या में सेना मे अपनी सेवायें दे रहे हैं मुख्यमंत्री ने उन्हें पदभार संभालने पर बधाई दी और इसके अलावा प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में सतृत और समग्र कृषि के माध्यम से आय दोगुना करने को लेकर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी सम्पन्न हो गई इस कार्यशाला का आयोजन स्वयं सेवी संस्था साधना और नौणी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया संगोष्ठी में वैज्ञानिकों ने पर्यावरण मित्र तकनीकों को विकसित करने और उन्नत किस्मों के विकास पर सहमति बनीं

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की समीक्षा बैठक कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में होगी इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों चारों लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और सभी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है बैठक की अध्यक्षता प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर करेंगे प्रदेश में इन दिनों मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी अधिक हो गई है मैदानी जिलों उना बिलासपुर हमीरपुर और कांगड़ा में दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है इन दिनों दिन के समय बाजारों में भी सन्नाटा छाया रहता है हालांकि राजधानी शिमला व प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल हल्की ब्रंदाबादी हुई जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली

अखबारों सुर्खियों आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की केंद्रीय गृह मंत्री व रक्षा मंत्री से भेंट और आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है जयराम ने राजनाथ से मांगी हिमालयन रैजीमैंट अमित शाह से भी की मुलाकात हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की की मांग अमर उजाला का शीर्षक है शाह से मिले जयराम कई मांगों को उठाया दैनिक भास्कर लिखता है पीएमजीएसवाई में अतिरिक्त बजट व महिला आईआरबी बटालियन मांगी दैनिक जागरण के शब्द हैं जयराम ने मांगी हिमालयन रैजीमैंट और महिला बटालियन दैनिक सेवरा टाईम्स के मुताबिक राजनाथ जयराम की मुलाकात से जगी हिमालयन रैजीमैंट की उम्मीद आपका फैसला के शब्द हैं गिरी पार क्षेत्र के हाटी समुदाय को दिया जाये जनजातीय दर्जा

बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने हिमाचल आयेगा केंद्रीय दल पंजाब केसरी की एक खबर है